देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ये दिवस मनाया जाता है कोरोना महामारी के चलते इस बार शिक्षक दिवस समारोह वर्चुअल माध्यम से मनाया गया इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्च्रअल माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक प्रस्कार प्रदान किए

इनमें हिमाचल प्रदेश से हर्मीरपुर जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्याड़ के रसायन विज्ञान के प्रवक्ता नरदेव सिंह राणा भी शामिल हैं हमीरपुर के उपायुक्त कार्यालय परिसर में उपायुक्त हरिकेश मीणा ने उन्हें राष्ट्रपति की ओर से ये पुरस्कार प्रदान किया उन्हें दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है

वे गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की मदद के अलावा अतिरिक्त समय देकर उनके भविष्य को संवारने का काम भी कर रहे हैं पुष्पांजलि इधर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने शिक्षकों को श्भकामनाए देते हुए कहा कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रिश्ता है इस बीच प्रदेश कांग्रेस ँअध्यक्ष कलदीप सिंह राठौर ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्दासुमन अर्पित करते हुए सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी है

आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी

इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों की सुविधा को लिए योजना का मॉड्यूल भी ऑनलाइन जारी किया इस अवसर पर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकूर ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हुई है अटल टनल रोहतांग जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकण्डा ने आज केलंग में अटल टनल रोहतांग के उदघाटन संबंधी तैयारियों को लेकर अधिकारियों व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए

इस बीच मारकण्डा ने तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर का भी निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि केन्द्र में नए ट्रेड शुरू करने के अलावा लाहौल में एक कौशल विकास केन्द्र भी खोला जाएगा राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने अधिकारियों से विकास कार्यों में तेज़ी लाने के लिए अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करने का आहवान किया है बिलासपुर में केन्द्र व राज्य सरकार के विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही उन्होंने अधिकारियों से व्यक्तिगत रूचि लेकर विकास कार्यो की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा राजेन्द्र गर्ग ने कहा कि एम्स का कार्य प्रगति पर है और इस वर्ष दिसम्बर तक कक्षाएं व ओपीडी चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं

उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि ये व्यक्ति उच्चे रक्तचाप से भी ग्रसित था